फाइज़र सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अन्मति के लिए आवेदन किया है

कोविड वैक्सीन इनटेलिजेंस नेटवर्क को विन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अन्सार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा टीकास्थल केन्द्र पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी

क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर वैक्सीन वायल्स या आइसपैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है वैक्सीन और डाइल्यूएंट्स को अच्छी तरह से बंद वैक्सीन कैरियर के अंदर रखा जाना चाहिए केवल टीका लगाते समय ही वैक्सीन के डिब्बे का ढक्कन खोला जाना चाहिए

म्ख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष निपो नाबम के साथ बैठक के दौरान आवश्यक मानव संसाधनों और ब्नियादी स्विधाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया श्री खांडू ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की किसी भी शिकायत को त्वरित गति से दूर किया जाएगा म्ख्यमंत्री ने पारदर्शी निष्पक्ष और मेरिट के सिद्वांतों पर भर्ती परीक्षाओं में चयन के लिए परीक्षा प्रबंधन को मजबूत करने का स्झाव दिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं को फ्लप्र्फ तरीके से कराने के लिए आवश्यक सहयोग के लिए तैयार है बैठक के दौरान पुलिस कर्मियों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के सही मूल्यांकन के लिए चिकित्सकों और सैन्य कर्मियों की मौजूदगी को अनिवार्य बनाने का स्झाव दिया गया

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो सौ अड़तालीस रह गई है राज्य में अब तक सोलह हजार दो सौ तैतालीस कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर अड्डानबे दशमलव दो दो हो गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से पांच चांगलांग और ईस्ट सियांग से चार चार सियांग से तीन अंजाव और लोअर दिबांग वैली से दो दो तिरप तवांग और पाप्मपारे जिले से एक एक मामले शामिल हैं राज्यभर में सोमवार को कोविड जांच के लिए छह सौ निन्यानबे सैंपल एकत्र किए गए